उन्होंने कहा कि इस पैकेज से देश की आबादी के हर वर्ग को राहत मिलेगी

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत की आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था ढांचागत क्षेत्र जनसांख्यिकी और मांग पर आधारित होगी प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि आत्मनिर्भरता वैश्विक प्रतिसपर्धा के लिए आवश्यक है

आज नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी देते हए बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उत्पादन श्रम भूमि वित्तीय तरलता और उद्योगों संबंधी कानूनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा उन्होंने कहा कि इन उपायों से उद्यमियों के लिए भारत में कारोबार करना और आसान हो जाएगा वित्त मंत्री ने कहा कि अभियान का उद्देश्य स्थानीय ब्रांड वाले उत्पादों को विश्व स्तर पर सामने लाना है

एक महत्वपूर्ण कदम के तहत सुक्ष्म लघ् और माध्यम उदयमों की परिभाषा में अमुल परिवर्तन किया गया है और उनमें निवेश तथा उनके वार्षिक कारोबार की सीमा भी बदल दी गई है सेवा और विनिर्माण उदयमों के अंतर को भी दूर कर दिया गया है अब एक करोड रूपए तक की निवेश वाली इकाइयां अब एमएसएमई के दायरे में आएंगी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

वित्त मंत्री ने एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में एमएसएमई को ई मार्केट से जोडने का भी ऐलान किया मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए दो सौ करोड़ रुपये तक के ऑर्डर के लिए ग्लोबल टेंडर की अन्मति नहीं होगी

राज्यपाल ने य्वाओं को कृषि क्षेत्र में उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने पर बल दिया है राजभवन में कल राज्य कृषि बागवानी और पश्पालन मंत्री तागे ताकी के साथ बैठक के दौरान राज्यपाल ने कृषि क्षेत्र से ज्ड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की राज्यपाल ने लॉकडाउन के दौरान कृषि बागवानी मत्स्य और डेयरी उत्पाद को लोगों को उपलब्ध कराने के लिए कृषि मंत्री और उनकी टीम की सराहना की श्री मिश्रा ने कृषि उत्पादों को किसानों से सीधे खरीद कर बाजार में बेचने की सलाह दी ताकि कालाबाजारी को रोका जा सके कृषि मंत्री तागे ताकी ने राज्यपाल को कृषि और इससे संबंद्व क्षेत्रों में सरकार द्वारा उठाएं गए कदमों से अवगत कराया

कोविड वारियर्स डॉ ज्म्गे पाद् ने बैंक शाखा के सामने सोशल डिस्टेंसिंग शेड बनाया है किबोम ओल्ड एज वेल्फयर सोसायटी और मेसर्स इंटरनेशनल डाईग्नोसिस सेंटर की सहायता से डॉक्टर पाद् ने पचास से अधिक वेदर प्रुफ सोशल डिस्टेंसिंग शेड बनाया है ताकि बारिश या तेज धूप में लोग निर्धारित दूरी बनाए रखते हुए अपनी बारी का इंतजार कर सके